धर्मशाला में कल उन्होंने कहा कि परौर स्थित राधास्वामी परिसर को हजार बिस्तरों तक की क्षमता वाले अस्थायी अस्पताल में परिवर्तित कर इसे क्रियाशील बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं

सरकार ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि तरल ऑक्सीजन का इस्तेमाल विशेष रूप से चिकित्सा उद्देश्यों के लिए ही किया जाना चाहिए देश में चिकित्सा ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए यह फैसला किया गया है केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को इस संबंध में पत्र लिखा है भल्ला ने ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयों से अधिक से अधिक उत्पादन करने तथा इसे सरकार को उपलब्ध कराने को कहा है गोविंद ठाकुर शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कुल्लू जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए अस्पताल में मरीजों को सभी सुविधाएं व उपचार सुनिश्चित बनाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं वे कल कुल्लू में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे गोविंद ठाक्र ने पहली मई से आरम्भ हो रहे टीकाकरण अभियान के लिए लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता पर भी बल दिया हिमाचल कोरोना प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि लगातार जारी है

डीसी कांगडा कांगड़ा के उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा है कि बाहरी राज्यों से आने वाले नागरिकों को ई पास पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है दिल्ली को हर रोज ऑक्सीजन के एक हजार सिलिंडर देगा हिमाचल पंजाब केसरी के शब्द हैं केजरीवाल के आग्रह पर दिल्ली को ऑक्सीजन देगा हिमाचल

हिमाचल दस्तक के अनुसार शादियों में न भीड़ हो और न धाम दैनिक जागरण लिखता है कोरोना मरीजों के लिए बढ़ेंगे बिस्तर आपका फैसला के मुताबिक हिमाचल में ऑक्सीजन गैस की कमी नहीं पर कम हैं सिलेंडर

अमर उजाला की एक खबर है नया घरेलू बिजली कनेक्शन सस्ता उद्योगों के लिए महंगा तीन मई से नहीं दौड़ेंगी निजी बसें शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है निजी बस ऑपरेटर्स ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का किया ऐलान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

नमस्कार